प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और भूटान के बीच मैत्री बहुत अहम है और यह भारत सरकार की पड़ौसी प्रथम की नीति के अनुरूप है उन्होंने कहा कि भूटान नरेश और भूटान के प्रधानमंत्री के साथ आपसी संबधों के सभी पहलुओं पर उददेश्यपूर्ण बातचीत की आशा है उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे पोर्टल राज्य सरकार ने बीते कई वर्षो से छात्रवृति आवेदनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एचपीई पास पोर्टल को बंद कर दिया है

उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि छात्रवृति आवेदन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एचपीई पास पोर्टल बंद करने का फैसला लिया गया है उन्होंने बताया कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही छात्र का पंजीकरण होगा

छात्रवृति के पुराने आवेदन भी भारत सरकार के पोर्टल पर रिन्यू करवाना अनिवार्य होगा

केन्द्र सरकार के नए निर्णय के अनुसार साई के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को खेलो इंडिया के अधीन कर दिया गया है

उन्होंने बताया कि प्रदेश का बिलासपुर साई प्रशिक्षण केन्द्र इस श्रेणी में शामिल किया गया है जबकि धर्मशाला में प्रदेश सहित बाहरी राज्यों के खिलाड़ी भी प्रवेश ले सकेंगे मौसम राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का कम रूक रूक कर जारी है लगातार हो रही वर्षा से अधिकांश क्षेत्रों में भू स्खलन से यातायात मार्ग अवरूद्व हैं जबकि नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है ऐसे में किसानों व बागवानों को अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाने में भारी परेशानी हो रही है कांगड़ा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि भारी बारिश को देखते हुए उपायुक्त राकेश प्रजापति ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को आज बंद रखने के आदेश दिए हैं

वबादले प्रदेश सरकार ने एक बार फिर सात प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं जिसके तहत दो आईएएस और पांच एचएएस अधिकारियों को बदला गया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में बारिश का कहर जारी तीन की मौत एक बहा आज रेड अलर्ट

दैनिक जागरण के शब्द हैं छह जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट हिमाचल दस्तक के अनुसार आज और कल प्रदेश में भारी बारिश अजीत समाचार के मुताबिक भाखड़ा डैम के हाई फ्ल्ड गेट खोले

कर्मचारियों पेंशनरों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है अब प्रवेश परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को नहीं जमा करवाना पड़ेगा परीक्षा शुल्क दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कर्मचारियों को चार फीसदी डीए हिमाचल दस्तक के शब्द हैं बेटियों के लिए नौकरी का आवेदन अब फ्री दैनिक जागरण के मुताबिक हिमाचल में प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियों की फीस माफ अमर उजाला के अनुसार लाखों कर्मचारियों और पैंशनरों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का तोहफा पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े पर दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है अब तक दो दर्जन आरोपी गिरफ़्तार पंजाब केसरी का कहना है दौ और आरोपी गिरफ्तार एक ने ज्वाली थाने में किया आत्मसमर्पण आपका फैसला के शब्द हैं करोड़ों रूपए के लेन देन का हुआ खुलासा रेगुलर फ़्लाइट दो या एयरपोर्ट पर हिमाचल पुलिस को तैनात कर दो शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है उड़ान वन का खर्च नहीं उठा पा रही प्रदेश सरकार ने केन्द्र को लिखा पत्र

दिव्य हिमाचल की एक खबर है अपना आशियाना सजाने छराबड़ा पहुंची प्रियंका दैनिक जागरण लिखता है प्रियंका वाड्रा गुपचुप पहुंची छराबड़ा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

नमस्कार